उन्होंने कहा था कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखे नहीं रहेंगे और मौजूदा कोविड महामारी के समय बारिश और आने वाले त्योहारों के मौसम के दौरान उन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा वितमंत्री निर्मला सीतारामन ने देशव्यापी तालाबंदी शुरू होने के ठीक बाद योजना के पहले चरण की घोषणा की थी पहले चरण के तहत इस साल अप्रक्ष से तीन महीने के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया था

काबिनेट बठक उत्तराखंड क्विनेट ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को मंज़ूरी दे दी हण इसके तहत राज्य में सात लाख हेक्टेयर कृषि भूमि काम होगा

अब फ़्फ़्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कॉन्ट्क्वट कर सकेंगे इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया है

अब राज्य में सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना की जाएगी

पहले ऐसे प्लांट नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का नियम था अब नई नियमावली में यह दूरी घटाकर मद्वानी क्षेत्रों में अधिकतम डेढ़ किलोमीटर कर दी गई हा मोबाइल स्टोन क्रशर के लिए भी नियम तय किए गए हैं इसके साथ ही उपखनिज भंडारण के संबंध में भी नीति को संशोधित करते हुए जिलास्तर पर निर्णय का प्रावधान किया गया हण अटल उत्कष्ट विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि गरीब बच्चों को ग्णवत्ताय्क्त शिक्षा देने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में दो अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं बागेश्वर पहंचे शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों की मान्यता सीबीएसई से होगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई पाठ्यक्रम से संचालित होने वाले अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में शिक्षकों का कड़र भी अलग होगा मानकों के अन्सार विद्यालय में सभी स्विधाएं उपलब्ध होंगी जिससे विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर सकेंगे

इस यात्रा में वो पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में लगे हैं बागेश्वर के एक इंटर कॉलेज में उन्होंने बेल गिलॉय नीम चंदन रुद्राक्ष के पौधे रोपे उन्होंने लोगों से एक पौधा रोपकर उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी लेने की अपील की उत्तराखंड बोर्ड उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने से छूट गए छात्रों को सीबीएसई की तरह औसत अंकों के आधार पर उत्तीर्ण करेगा एक समाचार एजेंसी के मुताबिक राज्य के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण कंटेंनमेंट जोन में रहने वाले कई छात्र हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे सके

इससे यातायात बाधित रहा बारिश से जिले के अन्य संपर्क मार्ग भी बाधित हो गए हैं वहीं मद्वानी टनकप्र और बनबसा जप्ते मद्वानी क्षेत्रों में बारिश के कारण जलभराव की समस्या हो गयी हण साथ ही शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने से जिला प्रशासन अलर्ट पर हण बारिश के क्माऊं और गढ़वाल के विभिन्न हिस्सों में जगह जगह भूस्खलन होने से सड़कें अवरुद्ध हैं

इससे घर में सो रहे तीन लोगों की मृत्य् हो गई हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हए हैं मरने वालों में एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल हैं जबकि पिता और बेटे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई हालांकि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए प्लिस प्रशासन और आपदा बचाव दल ने मौके पर पहंचकर घायलों को रानीखेत चिकित्सालय भिजवाया अशोक मल्ल मशहर लेखक रंगकर्मी और क्षेत्रीय फिल्मों के निर्देशक अशोक मल्ल का आज म्म्बई में निधन हो गया वह लंबे समय से बीमार थे